पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर होने जा रहे उपच्नाव के लिये आज कांग्रेस की ओर से भरेंगे नामांकन केन्द्र सरकार देश के डेढ़ सौ जिलों में आयुष अस्पताल शुरू करेगी प्रदेश में भू जल स्तर बढाने के लिये मनरेगा के तहत वर्षाजल संग्रहण के अधिक से अधिक काम कराये जायेंगे

उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है विदेश मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा भारत के संविधान में एक अस्थाई प्रावधान को बदलने भर का है और ऐसा करना हमारे देश का अधिकार है कल चीन के विदेशमंत्री वांग यी से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि इस परिवर्तन का चीन के साथ भारत की बाहरी सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक विज्ञप्ति के अनुसार विदेश मंत्री ने कहा कि भारत किसी अतिरिक्त भू भाग पर अपना दावा नहीं कर रहा है इस बारे में चीन की चिंताएं बेब्नियाद हैं

उन्होंने कहा कि इस मेन्यूवर का प्रदर्शन तड़के करीब साढ़े तीन बजे किया जाएगा

कांग्रेस के पास श्री सिंह को जिताने के लिये पर्याप्त बहमत है फिर भी कोई चूक ना रहे इसके लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री सिंह के नामांकन और मतदान को लेकर कल रणनीति पर मंथन किया वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस उप चुनाव में उम्मीदवार उतारने संबंधी निर्णय को आज स्पष्ट कर सकती है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी मिशन और अरबन मिशन की बात कही थी उन्होंने बताया था कि ये मिशन बड़े शहरों और छोटे कस्बों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए थे

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस योजना को मंजूरी दे दी है

रेलवे बोर्ड की एक कार्य योजना के अनुसार इसमें अधिकारियों द्वारा श्रमदान और मोहन दास से महात्मा तक नामक एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी शामिल है

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने यह जानकारी दी आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में श्रीपद नाइक ने बताया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में शोध को बढावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में एम्स जैसे शोध संस्थान खोले जाएंगे

गौरतलब है कि कल दो पक्षों मे हुए झगडे के बाद कुछ लोगों ने दिल्ली रोड पर जाम लगा दिया था और पथराव किया था

इसे लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने कवायद तेज कर दी है भाखड़ा नहर परियोजना से जुड़े चको और ढाणियों का नए सिरे से परिसिमन किया गया है हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि नहरी समितियों के चूनाव को लेकर परिसिमन की स्थिति साफ होने के बाद जल्द चूनाव संबंधी अधिसुचना जारी कर दी जाएगी

हर साल श्रावण पूर्णिमा पर पूरे भारत में संस्कृत दिवस मनाया जाता है समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्रो अशोक गहलोत संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और इसकी सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वानों को सम्मानित करेंगे समारोह के संयोजक और महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो भास्कर शर्मा ने बताया कि संस्कृत भाषा के एक विद्वान को संस्कृत साधना शिखर सम्मान प्रदान किया जाएगा